विंग कमांडर अभिनन्दन वर्धमान ने बालाकोट सैन्य कार्रवाई के नायकों के साथ मिग बाइसन की उड़ान भरी

इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायू सेना केन्द्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायू सेना राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के प्रति सतर्क है

सामरिक आत्मकनिर्भरता हासिल करने के लिए स्वेदेशी डिजाइन और निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है वायूसेना मेक इन इंडिया के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीकी हार्डवेयर को देश में ही विकसित करने के लिए भी वचनबद्ध है इस मौके पर हिंडन वायुसेना केन्द्र पर आयोजित समारोह में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग बाइसन विमान में उड़ान भरी

राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वायू सैनिकों का अभिवादन किया है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गौरवशाली राष्ट्र वायू सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है केंद्रीय गृहमंत्री अभित शाह ने भारतीय वायुसेना के स्थारपना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि सेना अंदम्य साहस का प्रतीक है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर परम्परानुसार शस्त्र पूजा की श्री सिंह ने विमान बनाने वाली दासों कम्पनी का दौरा भी किया इस ॅउपलक्ष्य म आयोजित समारोह में रक्षामंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और भारतीय सेना के इतिहास में मील का पत्थर है यह समारोह भारत और फांस के बीच सामरिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है इससे पहले श्री सिंह ने फांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की राफेल विमान पर तीन सौ किलोमीटर मारक क्षमता वाली कैल्प और मिटियोर मिसाइल तैनात की जा सकती है परमाणु बम ले जाने की भी क्षमता राफेल लड़ाकू विमान में है

आज जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रौय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा जहां संभव है वहां ठीक तरीके से पेड लगाना यह पर्यावरण के लिए बहत महत्वंपूर्ण सेवा है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकल स्रोतो की मदद से साढ चार लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसका कई देशों ने स्वागत किया है

श्री भॉगवत आज नागपूर में संगठन मुख्यालये में विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हआ इसके लिए मन बनाया निर्णय किया और अकेले नहीं किया राज्यसभा में लोकसभा में और भी दलों का सहयोग लेकर दोनों जगह इसको बहुमत से उन्होंने किया मोहन भागवत ने कहा कि सरकार के कड़े उपायों से आतंकवाद की घटनाएं कम हई हैं उन्होंने लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि आरएसएस उन लोगों का समर्थन नहीं करता है जो संविधान विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं

राष्ट्रीय ई आकलन केन्द्र दिल्ली में स्थित हैजबकि क्षेत्रीय केन्द्र मुम्बई चेन्नई कोलकाता अहमदाबाद पूणे बेंगलूरू दिल्ली और हैदराबाद में खोले गये हैं इन केन्द्रों की स्थापना आयकर रिटर्न का ऑन लाईन आकलन करने के लिए किया गया है इसके शुरू हो जाने से करदाताओं को आयकर कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी

वह राजबब्बर का स्थान लेंगे ॅश्री लल्लू कुशीनगर जिले के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं लखनऊ में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की पूत्री आराधना मिश्रा मोना को विधानसभा में विधायक दल केा नेता बनाया गया है इसके अलावा पार्टा संगठन में चार उपाध्यक्षों बारह महासचिवों और चौबीस सचिवों की नियुक्ति भी की गई है पार्टी ने रणनीति और कार्ययोजना के लिए आठ सदस्यीय कार्य समूह भी बनाया है जिसमें जितिन प्रसाद राजीव शुक्ल राजा रामपाल इमरान मस्द और बृजलाल खाबरी सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं

यह दिन बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है भगवान राम र्ने इसी दिन रावण का वध किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवेकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगा को बधाई दी है श्री योगी ने अपने संदेश में कहा है कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन सभी को सदमार्ग पर चलने और आदर्श जीवन जीने की र्प्रेरणा देता है श्री योगी ने कहा कि दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमो में विभिन्न वर्गो की सहभागिता से सामाजिक समरसता मज़बूत होती है राज्य के विभिन्न भागों में रावण दहन का कार्यक्रम पारम्परिक आस्था और विश्वास के साथ सम्पन्न हो रहा है अयोध्या में विजयादशमी का उल्लास चरम पर है राम नगरो के अलावा जिले के विभिन्न कस्बो में दूर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्राओं और राम लीलाओं के मंचन की धूम है डिस्पैच अयोध्या में आज भारे से ही दूर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गयी है जो शहर के मुख्य मार्गो से होते हुए सरय तट स्थित गुप्तार घोट जा रही है शोभा यात्रा में युवको की टोलियां नचाते थिरकते चल रही है तो महिलाओं की भी संख्या कम नही है जिले में ग्ययारह सौ से अँधिक दर्गा पंडाल सजाये गये थे शोभा यत्रा पर हिन्द् मूस्लिम ने मिलकर पृष्प वर्षा किया जिसने गंगा जमूनी तहर्जीब की मिसाल पेश की इसके अतिरिक्त अयोध्या की प्राचीनतम दो प्रमुख राम लीलाओं सहित जिले में बानबे स्थानों पर राम लीलाओं का मंचन विगत वर्षो की भांति किया जा रहा है जो सामाजिक सरोकारों का सन्देश दे रही है जिले के चौरे बाजार रूदौली और मुमताज नगर करबों में हिन्द मुस्लिम मिलकर रामलीला का मंचन कराते हैं जो वर्षो से एकता प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बना हुआ है राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या वाराणसी मे जगह जगह रावण मेघनाथ और कृम्भकरण के पुतलों का दहन किया गया नगर के डीएलडब्लू ग्राउण्ड पर रामचरित मानस पर आधारित मूक रामलीला का मंचन किया गया इसके अलावा बंग समाज की महिलाओं ने पंडालों में मॉ दुर्गा को सिन्दूर अर्पित किया सिन्द्र खेला परम्परा के तहत दशाश्वमेघ शिवाला बंगाली टोलॉ पाण्डे हवेली केदार घाट सहित कई स्थानों पर आयोजित पूजा मण्डपो में सुहागिन महिलायें शामिल हुईं यह परम्परा पिछले चार सौ सालो से चली आ रही है वहीं आगरा में मध्य रात में लंकापति रावण का दहन भगवान श्री राम द्वारा उनकी नाभि पर वाण चलाकर किया जायेगा नगर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सौ फीट से ज्यादा ऊँचाई वाले रावण के पुतले का दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के आने का क्रम शुरू हो गया है

गंगा आमंत्रण अभियान इस महीने की दस तारीख से अगले महीने की ग्यारह ताॅरीख तक गंगा नदी में किया जाने वाला वाटर रॉफ्टिंग और क्याकिंग का एक अग्रणी अभियान है इसका आयोजन नमामि गंगे ने किया है जो देव प्रयाग से शुरु होकर गंगा सागर में सम्पन्न होगा